इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार और सांसद अनुराग ठाकुर सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज धर्मशाला में रूफ टॉप सोलर पॉवर प्लांट का शिलान्यास करने के अलावा विभिन्न योजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे प्रवासी भारतीय दिवस प्रवासी भारतीय दिवस समारोह आज से उत्तर प्रदेश के वाराणसी में शुरु हो रहा है तीन दिन के इस आयोजन में करीब छह हजार प्रवासी भारतीयों के शामिल होने की संभावना है इस वर्ष का विषय है नए भारत के निर्माण में प्रवासी भारतीयों की भूमिका मॉरीशस के प्रधानमंत्री प्रविन्द क्मार जगनॉथ इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहेंगे

एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने लोगों से नरेन्द्र मोदी ऐप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचारों और सुझावों को साझा करने का आग्रह किया है

मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरके दरोच ने बताया कि मेले में लोगों को राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चलने से शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में रुक रुक कर हल्का हिमपात हो रहा है और बर्फबारी से घाटी की अंदरूनी सड़कें बंद हो गई हैं केलांग में चार इंच और कोकसर में छह इंच ताजा बर्फबारी हो चुकी है केलांग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि पेयजल पाईपें जमने और विद्यत आपूर्ति बाधित होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है इस बीच मौसम विभाग ने आज व कल मध्यम व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा व हिमपात की संभावना जताई है एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकतर समाचारपत्रों ने मौसम से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है अमर उजाला की सुर्खी है पहाड़ फिर लकदक आज भारी बर्फबारी की चेतावनी पंजाब केसरी का शीर्षक है ताजा बर्फबारी से हिमाचल हलकान दैनिक भास्कर का कहना है पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू आज से प्रदेश में असर दिखाएगा मौसम दैनिक जागरण के शब्द हैं आज से भारी बर्फबारी की चेतावनी हिमाचल दस्तक के अनुसार आज से बर्फबारी और बारिश का दौर जिला स्तरीय समितियों को एनजीटी का जोरदार झटका शीर्षक से दिव्य हिमाचल ने खबर दी है माइनिंग लीज पर नहीं दे सकती पर्यावरणीय मंजूरी केन्द्र को ढील देने से इनकार आपका फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के हवाले से लिखता है सभी स्कूलों में सुजित होंगे उप प्रधानाचार्य के पद दैनिक जागरण के अनुसार पीटीए एसएमसी शिक्षकों पर फैसला जल्द जबकि हिमाचल दस्तक की सुर्खी है नकल रोकने को सीसी टीवी लगाना है मजबूरी

पूणे में आयोजित खेलो इंडिया प्रतियोगिता में किन्नौर की विनाक्षी द्वारा गोल्ड मेडल जीतने की खबर को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है चौकीदार की बेटी ने वर्ल्ड चैंपियन को हराकर बॉक्सिंग में जीता गोल्ड

एक नज़र सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने सम्पादकीय आईजीएमसी में अव्यवस्था में लिखा है कि कर्मचारियों के जिम्मे ही सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का जिम्मा होता है और अगर कोई कर्तव्य के निर्वहन में लापरवाही करता है तो कार्रवाई जरूरी है